प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देशभर के छह सौ जिलों में शुरू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलायी जा रही इस योजना में नये जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है

योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किये हैं ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके

भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई यह योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शनिवार शाम को प्रारम्भ स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे वे स्टार्टअप्स के साथ संवाद भी करेंगे दो दिवसीय यह सम्मेलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन कल से शुरू हो जाएगा अगस्त दो हजार अठारह को काठमांड में आयोजित चौथे बिम्सटेक स्ममेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद यह आयोजन किया गया है इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक स्टार्टअप सम्मेलन को करने की भारत की वचनबद्धता व्यक्त की थी

स्टार्टअप पहल के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित यह अब तक का सबसे बडा स्टार्टअप सम्मेलन होगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड के टीके के पूरे चक्र के लिए दो खुराकें अटठाईस दिनों के अंतराल पर दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल और उनके उत्तरों की श्रृंखला जारी की है इसके अनुसार कोविड के टीके की दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह बाद सामान्यतया सुरक्षात्मक एंटी बॉडी बन जाती हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण स्वैच्छिक है हालांकि यह भी सलाह दी गई है कि इस संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कोविड टीके के पूरे चक्र का पालन करना जरूरी है इससे परिवार के सदस्यों मित्रों संबंधियों और सहकर्मियों में संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है संक्रमित लोगों को लक्षणों के मिलने के चौदह दिनों तक टीका नही लगवाना चाहिए क्योंकि इससे टीकाकरण स्थल पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ जाता है मंत्रालय ने कहा कि भारत में दिया जाने वाला टीका किसी भी अन्य देश द्वारा विकसित टीके जितना ही प्रभावी है क्योंकि सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इसे कई चरणों में जांचा जा चुका है सोलह जनवरी से राजधानी रांची में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी पहले चरण में पच्चीस हजार हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगना है इसके लिए अठारह सौ संतानबे वायल वैक्सीन रांची के सदर अस्पताल में पहुंच चुका है पहले दिन सदर अस्पताल रांची और नामकूम सीएचसी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड को कोवीशील्ड वैक्सीन का एक लाख बासठ हजार डोज भेजा गया है इसके लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोविन ऐप में पूरी कर ली गई है टीका पड़ने से चौबीस घंटे पहले इन्हें सेल्फ जेनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा इसमें इन्हें टीका पड़ने की टाइमिंग के साथ जगह की भी जानकारी दी जाएगी टीकाकरण केंद्रों पर मेडिकल टीम की तैनाती कर दी गई है हर केंद्र पर पांच सदस्यों की मेडिकल टीम तैनात की गई है इसके अतिरिक्त इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं उपायुक्त ने सभी केंद्रों पर एक मजिस्ट्रेट एक पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है टीकाकरण केंद्र के पास भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के जमुआ गांव में मनरेगा की तेरह योजनाओं को रद्द कर दिया गया है अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने यह कार्रवाई की डीडीसी ने योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि होने पर उन्हें रद्द कर दिया योजनाओं को रद्द करने के बाद डीडीसी ने इसमें व्यय की गई राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है ऐसे में सभी संबंधितों से तेरह योजनाओं में अनियमितता बरतने को लेकर कुल बारह लाख चौदह हजार आठ सौ अडतीस रुपये की वसुली की जायेगी शिकायत के आधार पर उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया जिसमें शिकायत सही पायी गयी जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर सभी संबंधितों पर कार्रवाई की गयी वहीं इसके पूर्व उक्त शियाकत का प्रखंड स्तरीय जांच दल द्वारा भी जांच करवायी गयी थी लेकिन उक्त जांच रिपोर्ट में शिकायत को निराधार बताया गया था इस पर संज्ञान लेते हुए उपविकास आयुक्त ने अस्पष्ट एवं भ्रामक जांच रिपोर्ट बनाने को लेकर हुसैनाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय जांच दल में शामिल सभी सदस्यों से स्पष्टीकरण की मांग की है

इसके तहत तिरूपति मदुरै रामेश्वरम कन्याकुमारी और पद्मामनाभस्वामी मंदिर का दर्शन कराया जाएगा

केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए वे अपने इलाकों में कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा कि अब तक दस राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों से स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ तालमेल बना कर काम करने को कहा है वहीं मुर्गी फार्मिंग में विशेष ऐहतियात बरतने को कहा गया है इधर झारखंड में अभी तक एक भी बर्ड फलू के मामले नहीं आये हैं हालांकि राज्य में पक्षियों की मौत होने पर उनके स्वाब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं कल भी आठ सौ अधिक नमूने कोलकाता भेजे गये राज्य सरकार ने इस संकमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है

रांची के ओरमांझी के चर्चित सिर कटी हत्याकांड का मुख्य आरोपित शेख बेलाल को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलाल ऑटो से जा रहा है इसी दौरान रांची पुलिस की टीम ने सिकिदरी ओरमांझी रोड से गिरफ्तार कर लिया बेलाल को गिरफ्तार करने के बाद रांची पूलिस उसे गृप्त ठिकानों पर रखकर पूछताछ कर रही है

ग्यारह जनवरी रांची पुलिस की तरफ से संदिग्ध और युवती के पहले पति शेख बेलाल की तस्वीर जारी की गई बारह जनवरी को चंदवे के एक खेत से युवती का सिर बरामद किया गया भारतीय सशस्त्र बल आज सेवानिवृत्त सैनिक दिवस मना रहा है यह दिवस सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों की अनुपम सेवा का सम्मान करने के लिए हर वर्ष चौदह जनवरी को मनाया जाता है

इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवने ने कहा कि पिछला साल राष्ट्र और सशस्त्र बलों के लिए बहत चुनौतीपूर्ण था उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर कोविड महामारी का मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया था

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पदमश्री अशोक भेगत होंगे इस अधिवेशन में सम्पूर्ण झारखण्ड प्रान्त के सभी शैक्षणिक संस्थानों के कार्यकर्ता छात्र एवं प्राध्यापक सम्मलित होंगे

इसके लिए जिला प्रशासन और विद्यालय प्रशासन की अनुमति ले ली गई है उदघाटन समारोह में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देवब्रत पाहन मनीष कमार उपस्थित रहेंगे मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया इसमें सरकार के मंत्री सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए इस दौरान पंद्रह जनवरी को कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली किसान अधिकार दिवस की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया गया इसके तहत कांग्रेस के नेता कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि इसे किसान अधिकार दिवस नाम दिया गया है राज्य भर के नेता पहले मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे यहां से रैली की शक्ल में राजभवन पहुचेंगे और प्रदर्शन करेंगे इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी शामिल होंगे राज्यभर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया साहिबगंज और राजमहल के गंगा तटों पर आज सुबह से ही श्रद्वालु गंगा स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना की वहीं रामगढ़ जिले में स्थित सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने संगम पर पवित्र स्नान किया और करोना संकट से विश्व को बचाने के लिए भगवान से कामना की मान्यता है कि आज के दिन सुर्य के धन राशि से मकर में प्रवेश करने के बाद तिल गुड़ दही आदि का दान किया जाता है आज धनुर्मास समाप्त होने के बाद शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं इस अवसर पर राष्ट्रंपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रापति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्म और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को मकर संक्राति पोंगल बीहु उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर बधाई दी है ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कामना की कि ये पर्व समाज में प्रेम स्नेह और सौहार्द्र के बंधन मजबूत करेंगे उपराष्ट्पति ने कहा कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं और अच्छी् फसल तथा प्रकृति की उदारता के प्रतीक हैं वहीं प्रधानमंत्री ने इन सभी पर्वो पर दुनियाभर के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में आज भी एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी

विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज की गयी है विभाग ने बताया है कि उन्नीस जनवरी तक सवेरे घना कोहरा छाये रहने की संभावना है जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा वहीं अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है